गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और उन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिये सरकार चौबीसों घंटे तैयार है किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नये नये विकल्प मिलें उनकी आय बढ़े किसानों की मुश्किलें कम हों इसके लिये हमने निरंतर काम किया है इस बीच कईद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार हमेशा किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वह किसानों की चिंताओं का समाधान करते हुए उन्हें इस बारे में आश्वस्त करती रहेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि जो कृषि सुधार किये गये हैं वे बिलकृल उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार को सुधारों के लिए किसान निकाय और विपक्षी दल वर्षो से मांग करते रहे हैं कौशिक किसान पंचायत इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि केन्द्र ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तीन नये कृषि कानून बनाए हैं इससे किसानों को लाम होगा लेकिन विपक्ष किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहा है श्री कौशिक आज बोदरी मंडल में आयोजित किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का यह कानून किसान हितैषी है किसान किसी के बहकावे में न आए आंदोलन धरना प्रदर्शन से किसानों का ही नुकसान हो रहा है उधर राजनांदगांव में आज से जिला भाजपा द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के समर्थन में ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है इसमें शहर के बुद्धिजीवियों और समर्थकों से तीनों बिल के समर्थन में हैशटैग करने का आव्हान किया गया जिला भाजपा अध्यक्ष मधसदन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लक्ष्य इन कानूनों के जरिये किसानों को कृषि व्यवसाय कंपनियों खुदरा विक्रेताओं निर्यातकों और उपज की बिक्री के साथ आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाना है इस कानून में छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्यक टीकांकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकांकरण किए जाएंगे टीकांकरण के बाद लोगों की तीस मिनट तक निगरानी भी अनिवार्य है स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को हर संभावना से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और उनसे प्रत्येक ब्लॉक में इस समस्या से निपटने के लिए कम से कम एक केंद्र स्थापित करने के लिए कहा है कोरोना का टीका सबसे पहले स्वास्थ्यकर्भियों और पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को दिया जाएगा इसके बाद पचास से कम आयु वाले व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा कोरोना समाचार जागरूकता प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख साठ हजार से अधिक हो गई है कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सोलह सौ पांच नये मरीजों की पहचान की गई राज्य में सत्रह हजार से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है उधर राजनांदगांव जिले में कोरोना टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है इसी कड़ी में जिले में अंठावन कोल्ड चेन प्वॉइंट बनाए गए हैं द्रदराज के इलाकों तक कोरोना वैक्सीन पहंचाने के लिए टीकाकरण की गाड़ियों को तैयार रखने को कहा गया है पहले चरण में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के दस हजार कर्मचारियों को प्राथमिकता में रखा गया है

इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया वर्ष उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय की स्मृति के रूप में प्रतिवर्ष सोलह दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजय दिवस पर देश के वीर जवानों को नमन किया है फर्जी नियुक्ति राज्य सरकार ने प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिये नौकरी कर रहे दो सौ सड़सठ अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की है इनमें से कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है पिछले दो वर्षो में पचहत्तर फर्जी प्रमाण पत्र के प्रकरण सामने आए हैं इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू करने को कहा है मलेरिया जांच छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए सरगुजा और बस्तर संभाग के सभी जिलों में अभियान की शुरूआत की गई है इस अभियान के तहत सरगुजा संमाग के लगभग चार सौ और बस्तर संमाग के करीब दो हजार गांवों में लोगों की मलेरिया जांच की जाएगी यह अभियान अगले वर्ष तीस जनवरी तक चलाया जाएगा इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर मलेरिया जांच करेंगे इस दौरान तीन लाख से अधिक घरों तक स्वास्थ्य विभाग का अमला पहंचेगा और पंद्रह लाख से अधिक लोगों की मलेरिया जांच की जाएगी जांच के दौरान मलेरिया पॉजीटिव पाए जाने वाले लोगों का तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही लोगों को दवा की खुराक खिलाएंगे संसदीय सचिव प्रेसवार्ता संसदीय सचिव रश्मि सिंह ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इन दो वर्षों में सरकार ने गांव गरीब किसान मजदूर युवा महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं श्रीमती सिंह आज जांजगीर चांपा में जिला पंचायत के सभागार में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी राम वनगमन पथ राम वनगमन पथ से निकल रही बाईक रैली और पर्यटन रथ कल सत्रह दिसंबर को रायपुर जिले को चंदखूरी स्थित कौशल्या माता मंदिर पहंचेगा आज इस बाईक रैली का जगह जगह लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया उत्तरी छोर से निकली पर्यटन रथ और बाईक रैली आज रायगढ जिले के धरमजयगढ से रवाना होकर देर शाम जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण पहुंची वहीं दक्षिण छोर से निकली बाईक रैली को आज कोंडागांव जिले के केशकाल से रवाना हुई और देर शाम गरियाबंद जिले के राजिम पहुंची भाजपा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल को विफल और निराशाजनक बताया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे वे दो साल में ही झूठे साबित हो रहे हैं श्री साय ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार इस दौरान एक भी ठोस योजना छत्तीसगढ के हित में धरातल पर उतारने में विफल रही है सरकार ने किसानों महिलाओं यवाओं मजदरों और कर्मचारियों सहित समी वर्गों का अहित किया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दो वर्षों की उपलब्धि का ढिंढोरा पीटने के बजाय अपनी नाकामी के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगे वहीं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा है कि राज्य सरकार अपने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की उन्नति सुरक्षा और स्वावलंबन के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म और घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंतनीय है गोधन न्याय योजना परस्कार छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग द्वारा संचालित गोधन न्याय योजना के लिए चिप्स द्वारा विकसित वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है आईटी संस्था एलेट्स टेक्नोमीडिया ने डिजीटल गवर्नेस श्रेणी गोधन न्याय योजना को वर्च्यअल समारोह में अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया है समारोह में में छत्तीसगढ़ की कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता को सम्मानित किया गया चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीर विश्नोई ने बताया कि चिप्स की ओर से गोधन न्याय योजना की वेबसाइट और मोबाइल ऐप निर्माण करने वाले प्रभारी अधिकारी नीलेश सोनी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया

घटनास्थल से माओवादी का शव बरामद कर लिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक जिले के जगरग्डा इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे इस दौरान जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक माओवादी मारा गया घटनास्थल से बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया है वहीं फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे छह वाहनों में आग लगा दी प्रलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा मिली है अब तक इस संबंध में किसी ने लिखित में शिकायत नहीं की है इसी तरह जिले के ही उसूर थाना क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों ने गलगम के जंगल से एक माओवादी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादी जनताना सरकार का सदस्य है गांजागुटखा जब्त महासमुद जिले में बागबाहरा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मोटरसाइकिल की तलाशी के दौरान पूलिस ने बीसे किलोग्राम गांजा बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जब्त गांजे की कीमत दो लाख रूपये आंकी गई है इसके साथ ही आरोपियों के पास से तीन नग मोबाइल और बारह हजार रूपये से अधिक की रकम जब्त की गई है वहीं महासमुंद पुलिस ने पैंतीस बोरी प्रतिबंधित जर्दा गुटखा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है पकड़े गए दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं इनके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है जब्त गुटखे की कीमत करीब साढ़े बारह लाख रूपये बताई गई है दूर्घटना बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई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 मिली जानकारी के मुताबिक बेलगहना की ओर से आ रहे मोटरसॉइकिल सवार तीन युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई उधर कोंडागांव जिले में पिकअप और मोटरसाइकिल के बीच हुई भिडंत में जिला पुलिस बल के एक जवान की मौत हो गई वहीं मोटरसाइकिल सवार एक युवक घायल हो गया है पिकअप में दंतेवाड़ा जिला पुलिस बल के चार जवान सवार थे प्रधानमंत्री सडक योजना छग दौरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों में तृतीय स्तर के गुणवत्ता परीक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्णवत्ता समीक्षक अरविंद कमार भाटिया छत्तीसगढ़ आ रहे हैं श्री भाटिया कल से बीस दिसंबर तक दंतेवाड़ा और बाईस से छब्बीस दिसंबर तक बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों का परीक्षण करेंगे दंतेवाडा और बीजापुर जिले में योजना के तहत प्रगतिरत सडकों की गृणवत्ता के संबंध में श्री भाटिया के मोबाइल नंबर नौ चार एक पांच तीन दो तीन आठ तीन छह पर शिकायत की जा सकती है मौसम बीते तीन चार दिनों से राज्य के अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहे और कुछ स्थानों में हल्की वर्षा भी हुई कल से आसमान साफ हो जाएगा मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों में ठंड बढ़ सकती है और न्यूनतम तापमान में चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है संक्षिप्त समाचार राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव निवासी आयुर्वेदाचार्य और महामना मदन मोहन मालवीय के शिष्य पंडित चैतन्य गोस्वामी के निधन पर गहरा द्ख व्यक्त किया है छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने आज मुंगेली जिले के ग्राम रामगढ़ में बाल चौपाल लगाकर बच्चों और उनके परिजनों से बाल अधिकार और उसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा की कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल परीक्षा दो हजार अट्ठारह आगामी अट्ठारह और उन्नीस दिसम्बर को रायपुर शहर के दो परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी प्रदेश के अनेक जिला मुख्यालयों में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हडताल आज भी जारी रही

जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कांसा में थेसर मशीन से धान भिंजाई के दौरान खलिहान में आग लगने से पांच एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई साथ ही पास में खड़े ट्रैक्टर में भी आग लग गई बलरामपुर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई आगामी अट्ठारह दिसंबर को मद्य निषेघ दिवस है